कोविड महामारी को देखते हुए सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल को स्थगित रखा गया सरकार द्वारा आज विधानसभा के पटल पर छह विधेयक रखे गए हैं

दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गयी

आज सुबह गुजरात के केवडिया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित एकता दिवस परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की शांति और सपन्नता के लिए विश्व समुदाय की एकता आवश्यक है उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए

वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इस वर्ष का सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे इसे आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जायेगा

प्रदेश में भी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है इस अवसर पर दौसा कलेक्ट्रेट में एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई

इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है प्रशासन ने गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं भरतपुर कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है और बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश जारी किए हैं वहीं गुर्जर समाज का एक गूट हिम्मत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सरकार से वार्ता के लिए आज दौसा से रवाना हुआ यह गुट इस मामले पर शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहता है

इसके बाद श्री रिजीजू ने तनोट माता मंदिर में दर्शन किए इससे पहले जैसलमेर पहुंचने पर श्री रिजीजू का सेना के अधिकारियों ने स्वागत किया

प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी घर घर संपर्क कर मतदाताओं को रूझाने का प्रयास कर रहे हैं